उच्चतम न्यायालय ने मीडिया को कोरोना संक्रमण पर जिम्मेदारी से खबरों का प्रसारण करने के निर्देश दिए

जो उच्च शफ्तिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं बाकी विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी इन विषयों के लिए अंक देने और मूल्याकंन के निर्देश जल्दी जारी किये जायेंगे

भले ही वे घर से काम कर रहे थे या कार्यालय से

उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा संकट से निपटने में योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएँ मिल सकेंगी

मीडिया सलाह उच्चतम न्यायालय ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया को जिम्मेदारी से खबरों का प्रसारण करने के निर्देश दिए हैं अदालत ने कहा हाकि ऐसे अप्रमाणित समाचारों का प्रसार न होने पाए जिनसे दहशत फाल सकती हो

वहीं भोपाल से खंडवा के बीच इटारसी से जबलपुर और कटनी होते हुए बीना के बीच भी पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी

वहीं ग्वालियर डी

इस दौरान उन्होंने वश्यक व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये राजगढ़ में भी कलेक्टर ने लोगों को उचित मुल्य पर सामान मुहक्षा कराने के निर्देश दिए हैं निवाड़ी कलेक्टर अक्षय क्मार सिंह के दवारा लोगों से अपील की जा रही है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी घर में रहे सोशल डिस्टेंस के साथ अपना काम करें और अपने सपास साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखें

उधरलॉकडाउन के दौरान लोगों का भी पूरा समर्थन मिल रहा ह जबलप्र के शिक्षक ब्रजेश द्वे ने बताया कि वे इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं

सउदी हज सउदी अरब के हज मंत्री ने सभी श्रदधालुओं से कहा है कि वार्षिक हज यात्रा की तक्वारियां फिलहाल स्थगित कर दें

सउदी अरब के हज मंत्री मोहम्मद बैंतेन ने सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया को कल बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में सउदी अरब म्स्लिमों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा चाहता है उन्होंने श्रद्धाल्ओं से कहा कि वे स्थिति साफ होने तक प्रतीक्षा करें